सार्क देशों में वायरस का सामना करने के लिए साझा रणनीतिबनाने के लिए कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में श्री मोदी ने कहा कि भारत इस कोष की श्रूआतकरने के लिए एक करोड़ डॉलर दे सकता है श्री मोदी ने कहा कि भारत चिकित्सकों और विशेषज्ञों की रैपिड रिस्पांस टीम बनारहा है जो जांच किट और अन्य उपकरणों से स्सज्जित होगी यह टीम सार्क सदस्य देशों केलिए भी उपलब्ध होगी श्री मोदी ने कहा कि भारत में वायरस के संभावित वाहक और लोगोंका पता लगाने के लिए इंटीग्रेटिड डिसीज सर्विलेंस पोर्टल स्थापित किया गया है इसका सॉफ्टवेयर सार्क सदस्य देशों के साथ साझा किया जा सकता है श्री मोदी ने कहा किवायरस से निपटने के लिए एक साथ तैयारी एक साथ काम और एक साथ सफल होना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मूलमंत्र है तैयारी करो पर भयभीत नहीं हो श्री मोदी ने बताया किलगभग एक हजार चार सौ भारतीय विभिन्न देशों से स्वेदश लाए गए हैं मालदीव श्रीलंका अफगानिस्तानबंगलादेश नेपाल भूटान और पाकिस्तान ने आपदा कोष के स्थापना के प्रस्ताव और प्रधानमंत्रीमोदी के विभिन्न स्झावों का स्वागत किया

इस संक्रमण के बारे में बढ़तीपूछताछ को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को चौबीसो घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष कीक्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया डॉ हर्षवर्धनने अस्पतालों में साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने और इस महामारी की रोकथामके लिए सभी एहतियाती उपाय बरतने को कहा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव क्मार ने बताया कि सरकार भारतीय नागरिकों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण के पहले और दूसरे चरण की जांच निश्ल्क करा रही है

संसद ने देश में ई सिगरेट के बनाने आयात निर्यात परिवहन बिक्री वितरण भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए पिछले वर्ष इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अधिनियम पारित किया था

स्वास्थ्यमंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्तिको खांसी और ब्खार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और म्ंहको बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों कोबार बार साब्न पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकतेसमय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपरतत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए ब्खार आने सांस लेने में कठिनाई होने औरखांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक के पास जाते समय मास्कपहनें या मूंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें